प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट के बीच पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हुआ तेज चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से की कोटा मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की शुरूआत

प्रदेश में अबतक सामान्य से कम वर्षा आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई

उन्होने कहा कि शिक्षा पर ध्यान दिया जाना जरूरी है और अनेक क्षेत्रों में स्कॉलरशिप को भी बढावा देना होगा आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रेंड फिनॉले को संबोधित करते हये उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है

शिक्षा मंत्रालय के हैकाथॉन का यह चौथा संस्करण है गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाली बडी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है

दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार के पास बहमत होता तो विधायकों को जैसलमेर भेजना नहीं पड़ता आज मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह के कारण प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं

जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद यह प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक है कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से भाग लिया

डॉ शर्मा ने कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुए सभी व्यक्तियों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की

कोटा में कोरोना के बढते प्रकोप को देखते हये दो दिनों के लिये लॉकडाउन किया गया है

इसमें चित्तौड़गढ सांसद सीपी जोशी विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित आठ उपाध्यक्ष बनाये गये हैं राजसमंद सांसद दिया कमारी विधायक मदन दिलावर भजनलाल शर्मा और सुशील कटारा को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है

विधायक रामलाल शर्मा को प्रदेश में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता और वहीं रामकुमार भूतड़ा को कोषाध्यक्ष बनाया गया है

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में वर्चअल हियरिंग से मामलों की सुनवाई की जायेगी

ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा नहीं की गई हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर आज सूफी संत ख्वाजा मुईनुदीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित जन्नती दरवाजा खोला गया

करौली धौलपुर और सिरोही में हई वर्षा से लोगों को उमस से राहत मिली वहीं भरतपुर में करीब डेढ घंटे तक मुसलाधार बारिश होने के समाचार हैं टोंक के मालपुरा के आसपास भी अच्छी वर्षा हई मौसम विभाग के निदेशक आर एस शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि प्रदेश में आने वाले चार पांच दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और सात अगस्त से कई स्थानों पर तेज बारिश के आसार हैं

उन्होने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह है इसका उददेश्य राजस्थानी परंपरा और समृद्ध संस्कृति को बढावा देना है

बार बार हाथ धोएं या सेनेटाइजर से साफ करें बहत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें